राष्ट्रपति ने कहा कि संसद के पिछले सत्र में पारित कृषि संबंधी तीनों कानूनों का उद्देश्य देश के किसानों को और अधिक शक्तियां व अधिकार हासिल करने में मदद करना है राष्ट्रपति ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत ने दुनिया के कई देशों को कोरोना महामारी के लाखों टीके मुफ्त उपलब्ध कराकर मानवता के प्रति अपने दायित्यों का निर्वाह किया है राष्ट्रपति ने अपने बजट अभिभाषण में केन्द्र सरकार के विभिन्न विकास कार्यों का उल्लेख किया उन्होंने कहा कि चैन्नई से पोर्टब्लेयर तक सबमरीन ऑपटिकल फाइबर केबल हो अटल टनल हो या फिर चार धाम सड़क परियोजना हमारा देश विकास के कार्यो को आगे बढ़ाता रहा है इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अमिमाषण में अटल टनल रोहतांग के जिक्र को हिमाचल के लिए गौरव की बात बताया है उन्होंने कहा कि ये परियोजना आधुनिक इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा उदाहरण है

इसमें सरकारी खर्च में बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था की विकास दर में सुधार होने का संकेत दिया गया है

सर्वेक्षण में कहा गया है कि निर्यात और सरकारी उपमोग में बढ़ोतरी होने से अर्थव्यवस्था में गिरावट का सिलसिला रोकने में मदद मिलेगी सर्वेक्षण के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर सात दशमलव सात प्रतिशत रहने का अनुमान है आर्थिक सर्वेक्षण में कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने का विस्तार से विश्लेषण किया गया है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की इस शानदार उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न प्रयासों को सफल बनाने में राज्य के लोगों के सहयोग के लिए भी आभार जताया है मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भविष्य में भी इसी तरह सहयोग का आग्रह किया है ताकि प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रह सके

आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू टयूब चैनलों पर भी इसका लाइव स्ट्रीम किया जाएगा हालड़ा उत्सव लाहौल स्पीति जिले में सर्दियों के मौसम में उत्सवों और त्योहारों का दौर शुरू हो जाता है इन दिनों हालड़ा उत्सव घाटी में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय मनाया जा रहा है इसी कड़ी में पट्टन घाटी में भी ये उत्सव मनाया गया इस दौरान लोग अपने इष्ट देव की विधियत पूजा अर्चना कर आने वाले समय के लिए अच्छी फसल की कामना करते हैं और इसके बाद देवदार की लकड़ी से निर्मित जलती हुए मशाले लेकर एक स्थान पर एकत्रित होते हैं मान्यता है कि जलती हुई मशालों से बुरी आत्माओं और भूत प्रेतों को भगाया जाता है